प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में बहुपक्षीय सुधारों का दायरा बढ़ाने की अपील की है उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट के बाद के समय में इसका स्वरूप समकालीन विश्व की वास्तविकता को परिलक्षित करने वाला होना चाहिए

श्री मोदी ने कहा कि भारत ने परिषद की कायसूची तय करने में अपनी भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि भारत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अन्य विकासशील देशों की भी मदद कर रहा है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने कई देशों के धैर्य की परीक्षा ली है प्रधानमंत्री ने कहा कि निचले स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण भारत में कोरोना से मुक्त होने की दर काफी अच्छी है श्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है

इसके लिये आवश्यक है कि समाज में संतुलन हो और यह संतुलन न केवल सामाजिक स्तर पर बल्कि आर्थिक स्तर पर भी होना चाहिये मुख्यमंत्री आज अपने सरकारी आवास पर अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिये नवीन रोजगार छतरी योजना के श्रभारम्भ तथा पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तीन हजार चार सौ चौरासी लाभार्थियों को ऑनलाइन धनराशि हस्तांतरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने रायबरेली गोरखपुर बस्ती मेरठ आजमगढ़ तथा मुरादाबाद जनपद के लाभार्थियों से संवाद भो किया

इन परिस्थितियों में भी प्रदेश सरकार लोगों को आर्थिक मदद देकर उन्हें स्वावलम्बी बनाने का कार्य कर रही है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रत्येक बैंक शाखा को यह लक्ष्य दिया है कि वे कम से कम दो अनुसूचित जाति जनजाति और महिला लाभार्थियों को अनिवार्य रूप से ऋण उपलब्ध कराये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये कान्टैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई को सुव्यवस्थित ढंग से करने के निर्देश दिये हैं

मुख्यमंत्री ने घर घर की जाने वाली मेडिकल स्क्रीनिंग के दौरान मिलने वाले संदिग्ध कोरोना मरीजों की रैपिड एंटीजन टैस्टिंग द्वारा जांच करने तथा संक्रमण की पुष्टि होने पर उन्हें उपचार के लिये कोविड अस्पताल में भर्ती करने के निर्देश दिये हैं

इसलिये इस रोग से बचने के लिये निरन्तर सावधानी और सतर्कता बरतना जरूरी है इस संबंध में उन्होंने लोगों को जागरूक किये जाने पर बल देते हुए कहा कि आमजन को यह बताया जाये कि जब बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकल और मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करे उन्होंने चिकित्साकम्रियों को मडिकल इंफेक्शन से सुरक्षित रखने क लिये प्रशिक्षण की कार्रवाई को निरन्तर जारी रखने के निर्देश भी दिये

ऐसे लगभग चालीस हजार लोगों क नमूनों की जांच की जा रही है राज्य सरकार ने कोविड अस्पताल के रूप में काम कर रहे निजी अस्पतालों के इलाज की दर निर्धारित की है हमारे संवाददाता ने की एक रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि प्रदेश में किसी को भी होम क्वॉरेंटाइन की इजाजत नहीं है

कंटेनमेंट जोन में निगरानी के लिए ड्रोन की भी मदद ली जाएगी सर्वे का काम मिशन मोड पर किया जाएगा और शहरी इलाकों में हर घर जाकर के लोगों का सर्वे किया जाएगा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

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते राज्य सरकार द्वारा घोषित आज और कल दो दिवसीय लॉकडाउन का असर राजधानी लखनऊ सहित विभिन्न जनपदों में आज देखने को मिला लॉकडाउन के दौरान सरकारी और निजी कार्यालयों के अलावा बाजार शॉपिंग माल और दूसरे अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है राज्य सरकार ने कल रात से पचपन घंटे के लिए प्रतिबंध लागू किए हैं जो सोमवार सवेरे पांच बजे तक लागू रहेंगे

इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि प्रतिबंधों के दौरान बिना किसी उचित कारण के घर से बाहर न निकलें समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर को हर हाल में रोका जाये उन्होंने कहा कि लखनऊ के प्रमुख संस्थानों एसजीपीजीआई केजीएमयू और राम मनोहर लोहिया संस्थान के निदेशकों और वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम गठित कर दी गयी है जिसकी मदद कोरोना के संक्रमण को रोकने में आ रही किसी भी समस्या को हल करने में ली जानी चाहिए पूरे प्रदेश में इन प्रतिबंधों के लागू होने के दौरान कोई भी कार्यालय नहीं खूलेगा और व्यापारिक गतिविधियां तथा बाजार बंद रहेंगे हालांकि सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह चलती रहेंगी सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ लॉकडाउन के दारान आज प्रदेशभर में सैनिटाइजेशन और स्वच्छता अभियान चलाया गया जो कल भी जारी रहेगा

अयोध्या में आज श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की एक अहम बैठक हुई बैठक में रामजन्म भूमि परिसर में विराजमान रामलला स्थल पर भव्य श्रीराम मंदिर निर्माण के लिये भूमि पूजन की तिथि तीन या पांच अगस्त तय करते हुए और भूमि पूजन के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आमंत्रित करते हुए पीएमओ कार्यालय को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया है सर्किट हाउस में ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल की अध्यक्षता में लगभग ढाई घंटे चली इस बैठक में ट्रस्ट के सभी सदस्य मौजूद थे बैठक में राममंदिर के स्वरूप पर भी विस्तार से चर्चा हुई